इसलिए होम आईसोलेशन तंत्र को सुदृढ़ करना जरूरी है उन्होंने कहा कि पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी होम आईसोलेशन के तहत रहने वाले मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखनी चाहिए जयराम ठाकुर ने कालाअंब और पांवटा साहिब के उद्योगपतियों को अपने उद्योगों में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया और दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने को भी कहा विपिन परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि जयराम सरकार आम आदमी की सरकार है और तमाम मूलभूत सुविधाएं गांव तक उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है परमार आज सुलह विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चौकी में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के लोकापर्ण और पनियाली कलूणा सड़क के भूमि प्रजन के मौके पर बोल रहे थे विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वह सुलह क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और हर क्षेत्र में समान विकास किया जा रहा है राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज आईजीएमसी शिमला में कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक ली राज्यपाल ने इस मौके पर लोगों से कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन लगवाने की अपील की

राज्यपाल ने लोगों से हाथ धोने फेस मास्क पहनने और उचित दूरी रखने जैसे निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की भी अपील की अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश में गाड़ियों के पंजीकरण में घोटाले का आरोप लगाया है अग्निहोत्री ने आज एक बयान में कहा कि प्रदेश में हजारों गाड़ियों का फर्जी पंजीकरण हुआ है जिससे प्रदेश को बड़े पैमाने पर राजस्व का नुकसान हुआ है उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है अग्निहोत्री ने कहा कि बाहरी राज्यों के लोगों ने करोड़ों की गाड़ियों का हिमाचल में कैसे पंजीकरण करवाया ये जांच का विषय है अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस नेताओं को दी जा रही कथित धमकियों पर भी आपत्ति जताई और कहा कि यदि सरकार के पास कुछ है तो वह साढ़े तीन साल तक क्या करती रही मुख्य सचिव मुख्य सचिव अनिल खाची ने राज्य में सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए कृषि और बागवानी विभागों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं मुख्य सचिव आज राज्य में सूखे जैसी स्थिति की संभावना से निपटने के लिए उपायुक्तों से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में पेयजल आपूर्ति सामान्य है लेकिन इस वर्ष कम वर्षा होने के कारण कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है उन्होंने कहा कि मौसम की परिस्थितियों पर नजर रखने के लिए समूहों का गठन किया जाए मुख्य सचिव ने हैंडपैंपों की मुरम्मत करने और निजी जल स्रोतों के उचित रख रखाव के निर्देश दिए उन्होंने वन विभाग को निर्देश दिए कि ऐसे क्षेत्रों की सूची तैयार की जाए जहां जंगलों में आग लगने की अधिक संभावना रहती है उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में पशु चारे की कोई कमी नही है

इस बीच फिर से हो रही बर्फवारी के चलते बारालाचा दर्रा फिर से यातायात के लिए बंद हो गया है लाहौल स्पीति पुलिस अधीक्षक मानव वर्मा ने बताया कि मौसम अनुकूल होने के बाद ही वाहनों को बारालाचा दर्रे की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी कोरोना प्रदेश में कोरोना की तेज रफ्तार जारी है